विस चुनाव मतदान छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अट्ठारह सीटों के लिए कल मतदान होगा जिन सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे उनमें बस्तर और कांकेर जिले की तीन तीन सीटें कोंडागांव जिले की दो और सुकमा बीजापुर नारायणपुर तथा दंतेवाड़ा जिले की एक एक सीटें और राजनांदगांव जिले की छह सीटें शामिल हैं अतिसंवेदनशील क्षेत्र में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा इनमें मोहला मानपुर अंतागढ़ भानुप्रतापपुर कांकेर केशकाल कोंडागांव नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर और कोंटा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं अन्य आठ निर्वोचन क्षेत्रों खैरागढ़ डोंगरगढ़ राजनांदगांव डोगरगांव खुज्जी बस्तर जगदलपुर और चित्रकोट में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जा सकेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि प्रथम चरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब उन्नीस हजार मतदानकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वहीं मतदान के लिए चार हजार तीन सौ छत्तीस केंद्र बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग इसमें से दो सौ बावन मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग के जरिये मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेगा प्रथम चरण में जिन आठ जिलों में मतदान होना है वहां कुल दो सौ एक मतदान केंद्रों को विभिन्न कारणों से स्थानांतरित किया गया है विधानसभा निर्वाचन मतदाता विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आठ जिलों के अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों में कल इकतीस लाख उनयासी हजार पांच सौ बीस मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इनमें सोलह लाख इक्कीस हजार आठ सौ उनतालीस महिला पंद्रह लाख संतावन हजार पांच सौ बयानवे पुरूष और नवासी तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं इसके लिए चार हजार तीन सौ छत्तीस मतदान केंद्र बनाए गए हैं

मतदान के लिए चार हजार से अधिक केन्द्र बनाए गए हैं विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर दूसरे और अंतिम चरण में शेष बहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए इस महीने की बीस तारीख को मतदान होगा वोटों की गिनती अगले महीने की ग्यारह तारीख को होगी मतदान तैयारी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं इस चरण में नक्सल प्रभावित आठ जिलों के अट्टारह निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुव्रत साहू ने बताया कि माओवाद प्रभावित इलाकों में पूर्व में तैनात अर्द्द सैनिक बलों और विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई अर्द्व सैनिक बलो की छह सौ पचास अतिरिक्त कंपनियों को मिलाकर संवेदनशील क्षेत्रों में शॉतिपूर्ण मतदान संवन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्द्व सैनिक बलों के एक लाख बीस हजार से अध्कि जवान तैनात किए गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहन के उद्देश्य से कई प्रयास किए हैं महिलाएं सुगमतापूर्वक मतदान कर सकें इसके लिए प्रथम चरण में कुल तीस संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं

इस बार निर्वाचन आयोग ने महिलाओं को सुगम मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में पांच संगवारी मतदान केन्द्र बनाये है जहां पर मतदानकर्मियों से लेकर सुरक्षाकर्मियों तक सभी महिलाएं होगी

मतदान केन्द्र में ली गई सेल्फी के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहा है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांच सर्वश्रेष्ठ सेल्फी को आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर मतदान दल रवाना इस बीच भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुगम मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं संवेदनशील मतदान केन्द्रों तक मतदान दलों को लाने ले जाने के लिए हॅलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है नौ सौ से अधिक मतदानकर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिये मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया है इसके अलावा किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के साथ साथ हेली एंबुलेंस को भी तैनात किया गया है वहीं मतदान दलों और मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है

इस हमले में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह शहीद हो गए वहीं एक माओवादी भी मारा गया है बीएसएफ के आईजी जय भगवान सांगवान ने बताया कि कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में बीएसएफ का दल गश्त के लिए निकला था तभी माओवादियों ने गोमेगट्टा और गट्टाकाल के बीच छह आईईडी ब्लास्ट किए इस हमले में सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह बुरी तरह घायल हो गए जिनकी बाद में मौत हो गई

उधर बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र में एसटीएफ का एक दल जब गश्त पर था तभी माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया पूर्लिस की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से फरार हो गए बाद में घटनास्थल की तलाशी में एक वर्दीधारी माओवादी का शव एक बंद्रक और अन्य सामान बरामद किया गया वहीं एक अन्य माओवादी को गिरफ्तार किया गया है वहीं सुकमा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रप डीआरजी ने आठ किलो का आइईडी बरामद किया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोटा थाना क्षेत्र के कन्हाइगुड़ा के पास मतदान दल और सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने यह आईईडी लगा रखा था जिसे जवानों ने विफल कर दिया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में हए माओवादी हमले में शहीद बीएसएफ के जवान को श्रद्दांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है मतदाता पहचान पत्र विधानसभा चुनाव में मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले सभी मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा मतदाता फोटो पहचान पत्र के संबंध में त्रटि इत्यादि को नजरअंदाज किया जाएगा जिससे मतदाता की पहचान ईपिक से सुनिश्चित की जा सकें फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किए गए बारह वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा वैकल्पिक फोटो पहचान के लिए पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केन्द्र सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र बैंक और डाकघर पासबुक पैन कार्ड स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज फोटो मतदाता पर्ची सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं बातों बातों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा वहीं दूसरे चरण के लिए शेष बहत्तर सीटों पर बीस नवंबर को वोट डाले जाएंगे निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सभी इंतजाम प्रे कर लिए गए हैं वहीं मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों तक पहचाया गया है मतदान की तैयारियों के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आकाशवाणी समाचार को एक साक्षात्कार के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी इस बातचीत का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत आज रात साढ़े आठ बजे किया जाएगा इसे आकाशवाणी के छत्तीसगढ़ स्थित सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे छठ पूजा नहाय खाय की रस्म के साथ आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुरूआत हुई पूर्वांचल के इस महापर्व में श्रद्वालु भगवान सूर्य और छठी माई की विशेष पूजा अर्चना करते हैं चौदह नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्ध्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न होगा संक्षिप्त समाचार आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आज रायपुर में अपनी पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दर्ग जिले में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में कई सभाएं लीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक और फिल्म कलाकार राज बब्बर आज जांजगीर के डभरा में आमसभा ली सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से बहजन समाज पार्टी के प्रत्याशी छबिलाल रात्रे ने आज कांग्रेस प्रवेश कर लिया